मृतकों और घायलों में अधिकतर बिहार के सहरसा समस्तीपुर मधुबनी दरभंगा और कटिहार जिले से

दिल्ली में आज तड़के रानी झांसी मार्ग पर अनाज मंडी में आग लगने की घटना में तैंतालीस लोगों की मौत हो गई है दिल्ली पुलिस ने बताया कि साठ लोगों को बचाया गया है मृतकों और घायलों में अधिकतर बिहार के सहरसा समस्तीप्र मध्बनी दरभंगा और कटिहार जिलों के रहने वाले बताये जाते हैं

इससे पहले फरवरी में करोलबाग इलाके में आग लगने के कारण सत्रह लोगों की मौत हो गई थी आज की यह घटना रानी झांसी रोड में स्थित अनाज मंडी में सुबह पांच बजे घटी आग लगने के तुरंत बाद इलाके में अफरा तफरा मच गई और रिश्तेदार और स्थानीय लोग घटनास्थल की और दौड़ पड़े दिल्ली पुलिस और दमकल सेवा के कर्मचारियों को बचाव अभियान के दौरान कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि इस इमारत के अंदर भारी मात्रा में प्लास्टिक और कच्चे माल पड़े थे इस घटना में दो पुलिस और दो दमकल विभाग के कर्मचारी भी घायल हो गए एनडीआरएफ के जवानों ने भी इमारत के अंदर तलाशी अभियान चलाया दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली इस बीच जिस मकान में आग लगी थी प्रलिस ने उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है दिल्ली पुलिस के जनसम्पर्क अधिकारी एम एस रंधावा ने बताया कि मामला अपराध शाखा को सौंप दिया गया है वहीं दिल्ली सरकार ने दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं जिलाधिकारी से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद यह जानकारी दी श्री केजरीवाल ने मृतकों के परिवारों को दस दस लाख रूपये और घायलों को एक एक लाख रुपये का मुआवजा देने तथा निशुल्क उपचार कराने की घोषणा भी की है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी घटनास्थल का दौरा किया उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्येक मृतक के परिवार को पांच पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी श्री पुरी ने कहा कि बाईट हमारा कर्तव्य बनता है इस समय हम पूरी सहायता उन परिवारों को दें और जो अफेक्टिड है उन तक पहुंचाए ये शार्ट सर्किट था वो तो इमिजेट कॉस था हमने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं कि जहां पर भी इललिगल अनॉथराइज्ड जगह है उनकी डेवलप्मेंट करनी चाहिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है प्रधानमंत्री ने अग्निकाण्ड में गंभीर रूप से घायलों को पचास पचास हजार रुपये देने की भी घोषणा की है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने इस घटना पर गहरा द्वख व्यक्त किया है श्री कोविंद ने एक ट्वीट संदेश में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है श्री नरेन्द्र मोदी ने दुर्घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि घटनास्थल पर संबंधित अधिकारी हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं श्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं राज्यपाल फागू चौहान ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा दूःख जताया है श्री कुमार ने अग्निकांड में बिहार के मारे गये लोगों के निकटतम परिजनों को दो दो लाख रूपये अनुग्रह अनुदान दिये जाने की घोषणा की है उन्होंने अधिकारियों को बिहार के घायल लोगों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दुष्कर्म से जुड़े मामलों की जांच दो महीने में पूरी करने और ट्रायल को छह महीने में खत्म करने को पत्र लिखेंगे पटना में गर्दनीबाग डाकघर के नये भवन के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि दुष्कर्म की घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के निष्पादन के लिए त्वरित अदालतों का गठन किया जा रहा है श्री प्रसाद ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत एक हजार से अधिक अदालतों का जल्द ही गठन कर लिया जायेगा बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्र ने आज दरभंगा द्रष्कर्म पीड़िता को समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर प्रशासन के खिलाफ धरना दिया श्रीमती मिश्र ने आरोप लगाया कि पीड़िता की डीएमसीएच में सही देखभाल नहीं हो रही है बाद में प्रशासन द्वारा मांगों को पूरी किये जाने का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने धरना खत्म कर दिया वहीं आयोग की टीम ने समस्तीपुर जिले में पिछले दिनों दो अलग अलग वारदातों में दो किशोरियों की हत्या से ज़्ड़े मामलों की भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्र के नेतृत्व में पहुंची टीम ने वारिसनगर और बंगरा थाना क्षेत्र में हुये इन दोनों जघन्य हत्याकांडों को लेकर पुलिस अधीक्षक विकास वर्मन से मुलाकात की और केस में अब तक की हुई प्रगति की जानकारी ली भाजपा के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने कहा है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला विपक्ष का षड्यंत्र है आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन संजय जायसवाल पर ही हमला हुआ था न कि उन्होंने किसी पर हमला करवाया था क़षि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि बिहार में जल्द ही क़षि अभियंत्रण निदेशालय की स्थापना की जायेगी श्री कुमार समस्तीपुर जिले के प्रसा मे आयोजित कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय के सैंतीसवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बताया कि कृषि विभाग में एटीएम व बीटीएम के दो हजार से अधिक रिक्त पड़े पदों को जल्द ही भरा जायेगा भारतीय रेलवे इस बार कोहरे के दौरान ट्रेनों के समय पर परिचालन के लिए इसरो के उपग्रहों की मदद लेगा पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि उपग्रहों के माध्यम से ट्रेनों के परिचालन की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा साथ ही ठंड के मौसम में पटरी में आने वाली दरार की भी जानकारी मिल सकेगी उन्होंने बताया कि यात्री नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम एप डाउनलोड कर ट्रेनों की वास्तविक स्थिति का पता लगा सकेंगे छपरा पुलिस प्रशासन ने बेहतर काम करने वाले एक पुलिसकर्मी को हर महीने सम्मानित करने का फैसला किया है जिस पुलिसकर्मी का बेहतर काम के लिए चयन किया जायेगा उसकी तस्वीर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर लगायी जायेगी पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य पुलिसकर्मियों की कार्य क्षमता का विकास करना और उन्हें उनके काम का वाजिब सम्मान दिलाना है नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा है कि मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी तुर्की और मरवण प्रखंडों के अधिकतर हिस्सों को मिलाकर मूजफ्फरपूर स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जायेगा पत्रकारों से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि मुजफ्फरपुर के मुशहरी बेला और खबरा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जायेंगे जिसपर एक सौ तिरासी करोड़ रूपये से अधिक लागत आने का अनुमान है बांका के आर एम के उच्च विद्यालय मैदान में आज से सत्तरवीं राज्यस्तरीय मोईनुल हक कप फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरूआत हुई बेलहर के विधायक रामदेव यादव और जिलाधिकारी अरविंद कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर प्रतियोगिता की शुरूआत की आज खेले गये पहले मैच में जमुई की टीम ने शिवहर को पांच एक से पराजित किया प्रतियोगिता का दूसरा मैच कल नालंदा और लखीसराय के बीच खेला जायेगा मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो से तीन दिनों तक औसत तापमान में अधिक अंतर नहीं आयेगा विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा सुबह के समय हल्का कोहरा छाये रहने की सम्भावना है आज साढ़े आठ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ दरभंगा और डिहरी प्रदेश के सबसे ठंडे स्थान रहे पटना का न्यूनतम तापमान चौदह डिग्री सेल्सियस गया का बारह दशमलव सात भागलपुर का पन्द्रह और पूर्णियां का ग्यारह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र स्थित गंगा दियारा क्षेत्र में पूलिस ने छापेमारी कर बासुकी ठाकुर गिरोह के दो कुख्यात अपराधियो को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले के गढ़पुरा थाना क्षेत्र अन्तर्गत दुनही गांव से पुलिस ने एक व्यक्ति को पांच साईबेरियन पक्षी और पांच बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया औरंगाबाद जिले में सदर औरंगाबाद प्रखंड के नौगढ़ पैक्स के लिए कल होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया गया है वैशाली जिले में रुस्तमपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के इम्पैरिया गांव के एक मकान में पुलिस ने छापेमारी कर एक सौ बाईस कार्टन विदेशी शराब बरामद की है सुपौल जिले के भपटियाही थाना क्षेत्र के पुरानी भपटियाही गांव से पुलिस ने लगभग एक हजार तीन सौ बोतल शराब बरामद की है दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने तीन अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या इकतीस पर एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी

मृतकों और घायलों में अधिकतर बिहार के सहरसा समस्तीप्र मध्रबनी दरभंगा और कटिहार जिले से